पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड एक हजार एक सौ सोलह मामले बढ़े संक्रमितों की संख्या सत्रह हजार चार सौ इक्कीस पटना एम्स में कोविड उन्नीस के टीके के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू

कल से शिवहर जिले में छह दिनों का लॉकडाउन और प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश

प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ तैंतालीस हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में बारह लोगों की मृत्यु हुई है इधर प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के एक हजार एक सौ सोलह नये मामलों की प्रष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर सत्रह हजार चार सौ इक्कीस हो गयी है आज सबसे अधिक पटना से दो सौ अट्ठाईस मामले सामने आये हैं बेगूसराय से उनासी भागलपुर से अठहत्तर मुजफ्फरपुर से छिहत्तर मुंगेर से अड़सठ गया से पैंसठ रोहतास से इकयावन और सीवान से पचास मामलों की पुष्टि हुई है इसी तरह मधुबनी से इकतालीस पश्चिम चम्पारण से उनतालीस भोजपुर से तैंतीस समस्तीपुर से उनतीस कटिहार और जमुई से अट्ठाईस अट्ठाईस नालंदा से चौबीस गोपालगंज से बाईस और अरवल से बीस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा कैमूर से अठारह जहानाबाद और लखीसराय से सत्रह सत्रह सहरसा और पूर्वी चम्पारण से ग्यारह ग्यारह खगड़िया से नौ सारण पूर्णियां और किशनगंज से आठ आठ तथा नवादा और मधेपुरा से सात सात मामलों की पुष्टि हुई है वैशाली और सीतामढ़ी से छह छह शेखपुरा से पांच शिवहर से चार औरंगाबाद बांका दरभंगा और सुपौल से तीन तीन तथा अररिया और बक्सर से एक एक मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में चार सौ ग्यारह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर बारह हजार तीन सौ चौंसठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर लगभग इकहत्तर प्रतिशत है दरभंगा से भाजपा से विधान पार्षद सुनील सिंह कोरोना संक्रमित पाये गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स भेजा गया है वहीं जदयू नेता अजय आलोक की पत्नी और दोनों बच्चे कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि वे अपने परिवार के सदस्यों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारेंटीन हो गये हैं पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपूर रेल मंडल के चार रेल कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं जिसके बाद मंडल कार्यालय के तैंतीस रेल कर्मियों को क्वारेंटीन कर दिया गया है वहीं रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय को अगले आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है इधर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर समस्तीपुर दलसिंह सराय और पटोरी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने इक्कीस जुलाई तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का फैसला किया है शेखपुरा जिले में भरतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के प्रधान खजांची के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद बैंक को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है बैंक कर्मियों के नमूने जाँच के भेजे जा रहे हैं देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस महामारी के रिकॉर्ड अट्ठाईस हजार सात सौ एक नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ लाख अठहत्तर हजार दो सौ चौवन हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड उन्नीस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या पांच लाख तिरपन हजार चार सौ इकहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव शून्य एक प्रतिशत है एक दिन में पांच सौ लोगों की मौत के साथ ही देश में कोविड उन्नीस से मरने वालों की संख्या बढ़कर तेईस हजार एक सौ चौहत्तर हो गयी है पटना रिथत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज से कोरोना का सम्भावित टीका कोवैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है एम्स के अधीक्षक डॉक्टर एम के सिंह ने बताया कि अठारह से पचपन साल की अठारह स्वस्थ महिलाओं और पुरूषों का चयन किया गया है इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है सभी मानकों पर खड़ा उतरने के बाद इन सभी को वैक्सीन की पहली डोज दी जायेगी उन्होंने बताया कि पहली डोज के चौदह दिनों के बाद दूसरी डोज दी जायेगी वैक्सीन परीक्षण के लिए एम्स में पांच सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वैक्सिन बनने की प्रक्रिया को समझाया

तो पहली टैस्ट होती है सेफ्टी दूसरी टैस्ट होती है वैक्सीन में जब वैक्सीन को इंजैक्ट करते हैं तब क्या अपना शरीर उस वैक्सीन के इंजैक्शन से इम्यून रैस्पॉस चालू होती है कि नहीं तीसरी वैक्सीन सेफ हो और और इम्यून रैस्पॉस इम्यूनिटी देती हो तो क्या वो फील्ड में जब आप बाहर जाते हैं काम करने में या घर में हैं या ऑफिस में हैं अगर मान लीजिये वायरस आती है तो वैक्सीन लेने से वायरस से प्रोटैक्शन मिलती है और जब तक यह तीनों ठीक नही हैं तब तक हमारे देश में इंडियन काउन्सिल ऑफ मैडिकल रिसर्च जो बाकी एजेन्सी से पार्टनर कर रहे हैं तो वैक्सीन चालू नहीं करेंगे तो चालू करने के लिये आई सी एम आर और हमारे ड्रग कंट्रोल एजेंसी ये तीन मुद्दों को पूरी तरह से देखेंगे देख रहे हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दो और जिलों सीतामढ़ी तथा लखीसराय में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है इसके अलावा शिवहर जिले में कल से उन्नीस जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा वहीं तीन अन्य जिलों नवादा बक्सर और सुपौल में लॉकडाउन की अवधि बढा दी गई है नवादा और सुपौल में लॉकडाउन को बढ़ाकर पंद्रह ज़ुलाई और बक्सर में सत्रह ज़ुलाई कर दिया गया है इधर पश्चिम चम्पारण जिला प्रशासन ने जिले के सभी नगर निकाय और प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में परसों से इक्कीस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है जबकि सार्वजनिक परिवहन सेवा के संचालन में छूट दी गई है निजी वाहनों का संचालन अतिआवश्यक कार्यों के लिए ही किया जा सकता है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान बक्सर भोजपुर रोहतास भभुआ औरंगाबाद जहानाबाद और अरवल जिले में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार शेष अन्य जिलों में मौसम अगले चार दिनों तक प्रायः सामान्य बना रहेगा और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य में हवा शुष्क हो रही है साथ ही चक्रवाती दबाव का क्षेत्र झारखंड की तरफ जा रहा है जिस कारण स्थितियां सामान्य हो रही हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गयी है सबसे अधिक दो सौ साठ मिलीमीटर वर्षा सुपौल जिले के वीरपुर में रिकॉर्ड की गयी जो अत्यंत भारी बारिश की श्रेणी में आता है मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले में भी कुछ स्थानों पर एक सौ बीस मिलीमीटर बारिश हुई है वहीं पूर्वी चम्पारण कटिहार समस्तीपूर पश्चिम चम्पारण और आस पास के जिलों में सत्तर मिलीमीटर से एक सौ दस मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बेगूसराय जिले के अहियापुर में एक किसान की मौत हो गयी नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां उफान पर हैं कोसी गंडक महानंदा बागमती कमला बलान भूतही बलान घाघरा परमान कनकई और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर इस साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है पिछले बहत्तर घंटे से अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं आगे भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की सम्भावना जतायी गयी है कोसी नदी के वीरपुर बराज पर पानी की मात्रा एक लाख निन्यानवे हजार क्यूसेक से बढ़कर दो लाख छियालीस हजार क्यूसेक हो गयी है जबकि गंडक नदी का जलस्तर वाल्मिकी नगर बराज पर दो लाख साठ हजार क्यूसेक हो गया है इधर कोसी नदी का पानी सुपौल जिले के छह प्रखंडों के एक सौ से अधिक गांवों में फैल गया है वहीं शिवहर के बेलवा नरकटिया के पास बनाया गया सुरक्षात्मक बांध ध्वस्त हो गया है सीतामढ़ी से सुरसंड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है दरभंगा जिले के घनश्यामपुर क्शेश्वरस्थान सहित पांच प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर अररिया जिले में परमान नदी के तेज बहाव से फारबिसगंज से क्र्साकांटा को जोड़ने वाले गरहा डायवर्जन के टूट जाने से क्षेत्र के लोगों का अनुमंडल मुख्यालय से सड़क सम्पर्क ट्रट गया है मानिकपुर स्थित डायवर्जन बह जाने के कारण मानिकपुर सैफगंज सड़क मार्ग पर आवाजाही ठप हो गयी है जिले की अन्य बरसाती नदियां प्ररे उफान पर है फारबिसगंज पलासी कुर्साकांटा जोकीहाट सिकटी और अररिया प्रखंड के कई पंचायतों में निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है मधुबनी के लदनियां में कटैया नदी पर बने डायवर्जन के टूट जाने से लक्ष्मीनियां पिपराही और बेलाही का प्रखंड मुख्यालय से सम्पर्क टूट चुका है मुजफ्फरपुर जिले के गाय घाट कटरा और औराई में बाढ़ से लगभग साढ़े तीन लाख की आबादी प्रभावित हुई है कटरा के बागमती नदी बसघट्टा परियोजना बांध में दरार आने से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है खगड़िया जिले में कोसी नदी का पानी फैलने से फसलों को व्यापक क्षति हुई है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में बागमती नदी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर और कोसी नदी एक मीटर ऊपर बह रही है इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि समस्तीपूर में जिले में कोसी कमला और करेह नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है जिले के बिथान प्रखंड के चार पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इससे लगभग पचास हजार की आबादी प्रभावित हुई है जिला प्रशासन द्वारा फंसे हुये लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है पश्चिम चम्पारण जिले में वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व स्थित एसएसबी की सीमा चौकी कार्यालय में भी गंडक नदी के बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है पूर्वी चम्पारण जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंडक और लाल बकैया सहित जिले की सभी प्रमुख नदियां लाल निशान से ऊपर बह रही है बरसाती नदी पसाह के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के बाद नरकटिया प्रखंड में छौड़ादानो रक्सौल मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है गंगा नदी के भी जलस्तर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई है पटना के गांधी घाट और हाथीदह में नदी खतरे के निशान से एक मीटर नीचे बह रही है वहीं मुंगेर और भागलपुर में जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृति बनी हुई है महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर और पूर्णियां जिले के ढेंघरा घाट में खतरे के निशान को पार कर गया है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की श्री कुमार ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जिलाधिकारियों को संबोधित किया उन्होंने नदियों के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर स्थिति की लगातार निगरानी और तटबंधों की सुरक्षा पर नजर रखने के निर्देश दिये इधर जल संसाधन विभाग ने तटबंध में रिसाव क्षति या कटाव संबंधी सूचना के लिए एक टोल फ्री नम्बर जारी किया है फोन नम्बर एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच छह एक चार पांच पर कॉल कर बाढ़ या तटबंध से संबंधित सूचना या जानकारी दी जा सकती है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षा में एक बार फिर छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है

लड़कों की तुलना में लडकियों का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा इस वर्ष अट्ठासी प्रतिशत से अधिक छात्र उतीर्ण हुए जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट सीबीएसईरिजल्ट डॉट एनआईसी डॉट इन पर देखे जा सकते हैं पटना प्रक्षेत्र से मात्र चौहत्तर दशमलव पांच सात प्रतिशत विद्यार्थी सफल घोषित हुये हैं जो देश के अन्य प्रक्षेत्रों की तुलना में सबसे कम है सात निश्चय योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में रोहतास जिले के अठाहर प्रखंड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर थाना क्षेत्र में मगरमच्छ के हमले में दो लोग घायल हो गये बाद में वन क्षेत्र पदाधिकारी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे फिर गंडक नदी में छोड़ा गया कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के मघेली पंचायत से पुलिस ने दो सौ पचास कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है जब्त शराब की कीमत दस लाख रूपये बतायी जाती है जिस वाहन से शराब लायी जा रही थी उस पर चुनाव कार्य संबंधी स्टीकर लगा हुआ था दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक विद्यालय से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के बगुलवा ढाला के पास से पुलिस ने एक वाहन से तीन क्विंटल गांजा बरामद किया है शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के महब्बतपुर गांव से मध्य प्रदेश पुलिस ने स्थानी पुलिस के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के सरगना सपन कुमार को गिरफ्तार किया है

पिछले चौबीस घंटों में रिकॉर्ड एक हजार एक सौ सोलह मामले बढ़े संक्रमितों की संख्या सत्रह हजार चार सौ इक्कीस पटना एम्स में कोविड उन्नीस के टीके के परीक्षण की प्रक्रिया शुरू

कल से शिवहर जिले में छह दिनों का लॉकडाउन और प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश